दीक्षांत समारोह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों को पढ़ाई तक सीमित न रहकर अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए स्वामी मनमंथन प्रेक्षागृह चौरास परिसर में आयोजित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अनेक वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के साथ साथ प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल उनमें से एक हैं

उन्होंने कहा की लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता और एक के मिल जाने के बाद और आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया

विश्वविद्यालयों को ज्ञान का सृजन केंद्र बनना होगा इसके लिए मौलिक और स्तरीय शोध को महत्व देना होगा कल देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहंचे उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी होगी उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब केवल शिक्षित होना ही नही अपनी संस्कृति और परिवेश को मजबूती प्रदान करना भी है युवाओं को उनके आदर्शों पर भी ध्यान देना होगा उन्होंने युवाओं से अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देने का कहा इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि हमारे जीवन मूल्य हमारी अर्जित विद्या के आधार पर ही निर्धारित और प्रभावित होते हैं इसलिए विद्या का सकारात्मक और सुजनात्मक रूप ही अच्छा माना गया है शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हम अपने ज्ञान के द्वारा एक कल्याणकारी समाज की स्थापना कर सकें इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड आज शिक्षा का केन्द्र बन रहा है देश के तमाम बड़े प्रतिष्ठित संस्थान राज्य में स्थित हैं उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षण संस्थान मिनी इंडिया की एक झलक प्रस्तुत करते हैं इसी को देखते हुए राज्य स्थापना दिवस पर भारत भारती कार्यक्रम के जरिये देश की सांस्कृतिक विविधता और देश की एकता की झलक प्रस्तुत की गई सीएम नैनीताल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में पुराने पर्यटन स्थलों की क्षमता लगभग पूरी हो गई इसलिए पुराने पर्यटक स्थलों पर पर्यटक के दबाव को कम करने के लिए नये पर्यटन स्थल विकासित किये जाएंगे आज भीमताल में आयोजित कार्निवल के श्भारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यटक को नैनीताल मसूरी चकराता लैन्सडाउन रानीखेत से अलग राज्य के दूसरे क्षेत्रों मे ले जाने के लिए थीम आधारित पर्यटक स्थल विकसति किये जा रहे हैं इससे ग्रामीण क्षेत्र भी विकसित होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्निवल और सांस्कृतिक मेलों के आयोजन से पर्यटन और संस्कृति संरक्षण को बढ़ावा मिलता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में माउंटेनियरिंग रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग कैम्पिंग बाइकिंग आदि की अपार सम्भावनाए है जिसे सरकार द्वारा आगे बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भीमताल में बैडमिंटन हॉल हैलीपैड और कैंचुली देवी मन्दिर के निर्माण की घोषणा की साथ ही कार्निवल परेड को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि यह गर्व का विषय है कि दुनिया के बहुत से देशों से विद्यार्थी देश में हिन्दी और भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने आ रहे हैं आज राजभवन में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद् द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा भारत विश्व ग्रू बनने की ओर अग्रसर है भारत की संस्कृति में प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च महत्व दिया गया है युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिये राज्यपाल ने कहा कि विदेशी छात्र छात्राएं भारतीय संस्कृति को करीब से जानने के लिये भारतीय परिवारों के साथ समय बिताएं इस अवसर पर गयाना के भारत में राजदूत डेविड गोल्डन पोलार्ड उपस्थित थे

यह दिवस एचआईवी वायरस के संक्रमण से होने वाले रोग के प्रति जागरुकता बढ़ाने और इसके खात्मे के लिये मनाया जाता है यह एड्स से ग्रस्त लोगों के प्रति सहयोग और समर्थन का अवसर भी प्रदान करता है इस वर्ष का विषय है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस विश्व एड्स दिवस पर राजधानी देहरादून समेत प्रदेश में विभिन्न जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई रैली के माध्यम से लोगों को एड्स से बचाव को लेकर जागरूक किया गया इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने एड्स का ज्ञान बचाए जान संयम और सुरक्षा एड्स से रक्षा आदि नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया चिकित्सकों का कहना है कि एचआईवी एड्स का मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाना बिना उबली सुई का प्रयोग करना और एचआईवी संक्रमित मां से उसके बच्चे को हो सकता है दिव्यांग रैली आज देहरादून के गांधी पार्क से दिव्यांग मिनी मैराथन का आयोजन किया गया मेयर सुनील उनियाल गामा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया

मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हर व्यक्ति को एक नई उर्जा मिलती है राज्य के पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अजय कुमार ने मैराथन में शामिल छात्रों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि पैरा ओलंपिक जैसे खेलों में शामिल हो रहे दिव्यांगजनों को इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी देहरादून की नौटियाल कृत्रिम अंग कल्याण समिति ने इस मैराथन का आयोजन किया समिति के डॉ विजय नौटियाल ने कहा कि दिव्यांग जनों की हौसला अफजाई के साथ ही इस आयोजन का मकसद पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरुक बनाना है बीएसएफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों और उनके परिवार को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सीमा सुरक्षा बल बहादुरी के साथ देश की सीमा की रक्षा कर रहा है प्राकृतिक आपदा और संकट की स्थिति में बी एस एफ कर्मियों ने हमेशा नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया है गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बीएसएफ कर्मियों को बधाई दी है सीमाओं और देश की सुरक्षा का रखवाला बताते हुए श्री शाह ने बीएसएफ जवानों के साहस और बलिदान की सराहना की आरएसएस देहरादून में हिमालय हुंकार पाक्षिक पत्रिका के विशेषांक धर्म और राजनीति का विमोचन किया गया कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि अभी तक हम धर्म का सही अर्थ नहीं समझ पाये हैं धर्म का सम्बन्ध किसी पंथ या पूजा पद्वति से नहीं है धर्म का अर्थ व्यापक है यह एक विशेष प्रकार का चिन्तन और आचरण है श्री जैन ने कहा कि राजनीति में धर्म की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए धर्म के बिना कल्याणकारी राजीनीति नहीं हो सकती

यह घोषणा प्रदेश चुनाव अधिकारी बलवंत सिंह भौर्याल द्वारा की गई

इसका कारण या तो वहां परिसीमन का न हो पाना है या तकनीकी है

इस तरह भाजपा में युवा नेतृत्व तेजी से उभर रहा है उन्होंने बताया कि मंडल स्तरीय चुनाव के बाद अब प्रदेश जिला स्तरीय चुनाव होने हैं

झुलसा रोग पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किसानों को आलू में लगने वाले पछेती झुलसा रोग को लेकर आगाह किया है वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम पछेती झुलसा रोग के अनुकूल हो गया है और आगामी कुछ दिनों में पंतनगर और निकटवर्ती क्षेत्रों में आलू में रोग लगने की संभावना है पंतनगर के वैज्ञानिकों ने आलू उत्पादक किसानों को सलाह दी है कि पछेती झुलसा रोग से बचाव के लिये उन्हें फसलों पर संबंधित दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए